प्रदेश में लॉकडाउन थ्री में मिली छूट के बीच जोन के अनुसार हो रही है विभिन्न गतिविधियां राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से लॉकडाउन थ्री के नियमों का पालन करने की अपील की

ऐसे लोगों की देखभाल के लिए प्रत्येक जिले में कोविड केयर सेंटर बनाने के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए है कोविड केयर सेंटर का चयन और प्रबंधन का जिम्मा संबंधित जिला कलक्टर का रहेगा

ग्रीन जोन में शामिल श्रीगंगानगर जिले में आज पहली बार लॉकडाउन के दौरान रोडवेज बसों का संचालन किया गया इसके चलते लोगों ने राहत की सांस ली और सफर करने वाले लोग काफी ख्र्श नजर आए इन्हीं में से एक यात्री साहिल ने भी प्रसन्नता व्यक्त की श्रीगंगानगर में धान मण्डी में भी लॉकडाउन की छूट का असर देखने को मिला छूट से पहले चुनिंदा किसानों और वाहनों को ही प्रवेश दिया जा रहा था जबकि आज पहले की भांति हर किसान को प्रवेश दिया गया किसानों का कहना है कि सरकार उनकी फसल खरीद का भूगतान शीघ्र कराए भरतपूर में सरकार के निर्देश के बाद खुली शराब की दुकानों के बाहर लोगों की कतारे देखी गई

राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि लोग सभी नियमों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाये रखें उन्होंने कहा कि इन दो सप्ताहों में वायरस संक्रमण सबसे ऊपरी हिस्से पर है राज्यपाल ने लोगों से अनुरोध किया है कि घर पर रहें उन्होंने कहा कि इस माध्यम से ही कोरोना जैसी महामारी का जबरदस्त तरीके से मुकाबला किया जा सकता है

ओरेंज जोन में शामिल बीकानेर जिले में बैंक भी समाजिक सरोकार से जुड़ कर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है बैंक तक नहीं पहुंच पाने वाले वरिष्ठ नागरिक या जरूरतमंद लोग जो कर्फ्यू के कारण घर से निकलने में असमर्थ है बैंककर्मी घर घर पहुंचकर उनका पैसा उन तक पहुंचा रहे है

इस सुविधा से लाभान्वित महिला हमीदन ने भी आकाशवाणी से बातचीत में अपनी खुशी का इजहार किया

बूंदी में नियमित ंतौर पर आयुर्वेद चिकित्सालय की ओर से विभिन्न सरकारी कार्यालयों और कोरोना वॉरियर्स के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा उपलब्ध कराया जा रहा है

ऐसे में दूरदराज क्षेत्रों की महिलाएं बाजार नही पहच पाने के कारण मासिक धर्म के समय सेनेटरी नेपकिन की जगह असुरक्षित साधनों का उपयोग करने के लिए मजबूर है इन महिलाओं की सहायता के लिए करौली पंचायत समिति के सामुदायिक स्वास्थ्य कोन्द्र ने नवाचार कर सैनिटरी नेपकिन बितरण का कार्य शुरू किया है

हनुमानगढ़ जिले के दो मरीजों को भी आज पूरी तरह स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई इस अवसर पर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन सहित अधिकांरियों ने उन्हें फूल मास्क और सैनेटाइजर देकर विदा किया

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने इसे सत्य की जीत और द्वेष की राजनीति की हार बताया है

आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि अब तक कितनी राशि गरीबों को मंदद के रूप में दी गई है शराब बिक्री के संबंध में एक सवाल के जवाब में श्री कटारिया ने कहा कि यदि राजस्व अर्जन के लिए ये जरूरी है तो होम डिलीवरी सहित अन्य विकल्पों के बारे में सोचना चाहिए ताकि लॉकडाउन का पालन हो सके

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज यह घोषणा की देशभर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जेईई एडवान्स की परीक्षा अगस्त में होगी जिसकी तारीखें जल्दी ही घोषित की जाएंगी

श्री निशंक ने कहा कि सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में भी जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा

वहीं ॅश्रीगंगानगर चूरू हनुमानगढ बीकानेर नागौर झुन्झुनू सीकर दौसा भरतपुर जयपुर अलवर करौली धौलपुर सवाईमाधोपुर कोटा बूंदी अजमेर टोंक और बारा जिले में कही कही मेघ गर्जन या बिजली गिरने के साथ तेज हवाए चलने की संभावना है